सारंग पूरी तरह भारत में निर्मित तोप है

इस तोप का निशाना अचूक होता है और इससे लगातार गोले दागे जा सकते हैं

उन्होंने हरदा में कहा कि जिले में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए नल जल योजना की भी समीक्षा की जायेगी

साथ ही सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शौचालय और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायेगी कृषि नीति केन्द्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि संबंधी विभिन्न नीतियों को छोटे किसानों तक ले जाने के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा है कि इन किसानों का विकास कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभायेगा श्री तोमर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम में कृषि की तार्किकता को मजबूत करने के बारे में एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ नीतियों के दोषपूर्ण ढंग से लागू करने के कारण छोटे किसानों के लिए कृषि उत्पादन में उपयोगी सुविधाओं का अभाव है श्री तोमर ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय इस अन्तर को समाप्त करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि छोटे किसान सभी लामकारी नीतियों से प्रभावी ढंग से जुड़ सकें सोलर पार्क राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क शाजापुर आगर मालवा और नीमच जिलों में स्थापित किया जा रहा है इसकी तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई हैं

इसके लिए केवल बंजर भूमि का उपयोग किया जायेगा यह संयंत्र प्रदेश में रीवा संयंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा